ये सभी मजद्र शहडोल और उमरिया जिलों के थे

ये सभी मजद्र थे जालना में एसआरजी कंपनी में काम करते थे आदिम जाति कल्याण मंत्री स्श्री मीना सिंह ने औरंगाबाद ट्रेन हादसे में श्रमिकों की मृत्य् पर गहरा द्रख प्रकट किया है म्ख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने महाराष्ट्र के औरंगाबाद के पास रेल द्र्घटना में श्रमिकों की मृत्य् पर गहरा द्ख व्यक्त किया है

कलेक्टर उमाशंकर भार्गव तथा प्लिस अधीक्षक श्रीमती मोनिका श्क्ला ने औबेदुल्लागंज का भ्रमण कर आने वाले श्रमिकों के लिए की गई व्यवस्थाओं का जायजा लिया इसके अलावा लगभग एक हजार दो सौ श्रमिकों को लेकर एक विशेष ट्रेन कल ग्वालियर आएगी इन श्रमिकों को गोवा से लाया जा रहा है आज तीन और विशेष ट्रेनों के मध्यप्रदेश पहंचने की सम्भावना है इनमें तेलंगाना और आंध्र प्रदेश से दो ट्रेन और केरल के कोझीकोड से एक ट्रेन यहाँ फंसे मप्र के प्रवासी कामगारों को लेकर यहाँ पहंचने की उम्मीद थी

सागर जिले के बीना के एक व्यक्ति की भोपाल के हमीदिया अस्पताल में मौत हो गई थी जांच में मुतक कोरोना पॉजिटिव निकला था इसके मद्देनजर कलेक्टर श्रीमती प्रीति मैथिल नायक और प्लिस अधीक्षक श्री अमित सांघी ने बीना का दौरा किया

इस अवसर पर मन्दसौर होशंगाबाद और जबलप्र में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया